सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चन्द्र घोष बने देश के पहले लोकपाल आज प्रदेश भर में उत्साह उमंग और हर्षोल्लास के वातावरण में मनायी जा रही है होली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए चौकीदार अभियान के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं वे कल शाम ऑडियो ब्रिज के माध्यम से देश भर के चौकीदारों से बात कर रहे थे कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए चौकीदार को चोर कह दिया एक प्रकार से हर चौकीदार के जीवन के सामने उनकी तपस्या के सामने उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया इस देश का दूर्भाग्य है ऐसे लोगों की भाषा आप सब को पीडित कर रही है ऐसे कुछ लोग आगे भी यही करने वाले हैं और इसीलिए हमने पूरे धेर्य के साथ जो भी चौकीदारी करने की हमारी जिम्मेवारी है उसको हमने निभाना है चौकन्ने होकर निभाना है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी शिविरों पर भारतीय वायु सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाए जाने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को सशस्त्र बलों पर गर्व होना चाहिए क्योंकि हमारे वाय् सैनिकों ने अपनी जान दांव पर लगाकर वीरता दिखाई श्री मोदी ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि बालाकोट में हवाई हमले किए गए लेकिन देश में कुछ लोगों को दर्द हो रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वंशवाद को लेकर कांग्रेस की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि इससे सबसे बड़ा नुकसान संस्थाओं को हुआ है उन्होंने कहा कि प्रेस से लेकर संसद तक सैनिकों से लेकर अभिव्यक्ति की आज़ादी तक और संविधान से लेकर न्यायालयों तक कोई भी इसके कुप्रभावों से नहीं बचा है श्री मोदी ने कहा है कि देशवासियों ने पिछले आम चुनाव में वंशवाद को नकार कर विकास के लिए निर्णायक मतदान किया था प्रधानमंत्री ने एक ब्लॉग में कहा है कि दो हजार चौदह के जनादेश में पहली बार देश के इतिहास में गैर वंशवादी पार्टी को पूर्ण बहमत मिला था श्री मोदी ने कहा है कि देश के आम नागरिक सकारात्मक मुद्दों के बजाय भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की सुर्खियां बनने से तंग आ चुके थे प्रधानमंत्री ने लिखा है कि सरकार जब पहले परिवार की बजाय पहले भारत की भावना से काम करती है तो उसका काम दिखता है उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी हई है उधर कॉप्रेस पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस में वंशवाद की राजनीति के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दावों का खंडन किया है उन्होंने कहा कि श्री मोदी को वंशवाद की राजनीति पर बोलने की बजाय किसानों और बेरोज़गारी पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की आधारशिला है और इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है कल नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रथम अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक व्याख्यान देते हए श्री नायड् ने कहा कि स्वतंत्र मीडिया वास्तव में लोकतंत्र को बनाये रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है श्री नायडू ने पेड न्यूज़ के खतरे पर भी चिंता व्यक्त की कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि मीडिया के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह पारदर्शी और निष्पक्ष हो बहजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती दो हजार उन्नीस का लोकसभा च्नाव नहीं लड़ेंगी सुश्री मायावती ने इस बात की घोषणा कल लखनऊ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में की उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव न लड़ने का निर्णय उन्होंने देश के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए किया है देश के वर्तमान हालात में ज़रूरत को देखते हए तथा अपनी मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित में देश हित का भी यही तकाज़ा है मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं बसपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनकी पार्टी का मज़बूत गठबंधन है उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हुई तो वह बाद में चुनाव लड़ सकती हैं कांग्रेस महासचिव और पूर्वाचल प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पूर्वाचल दौरे के क्रम में कल चंदौली जनपद के बहादुरपुर गांव स्थित शहीद अवधेश यादव के घर पहंचकर शहीद को श्रद्वाजलि देते हए परिजनों से मुलाकात किया प्रियंका वाड्रा जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात देने व कांप्रेस में एक नई ऊर्जा संचालित करने के लिए पूर्वांचल दौरे पर हैं

इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अस्सी घाट पर मल्लाह सम्मेलन को संबोधित कर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है केन्द्र सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा की प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने जस्टिस घोष सहित अन्य सदस्यों के नाम की सिफारिश की थी जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी न्यायमूर्ति घोष दो हजार सत्रह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए थे वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं लोकपाल संस्था में चार न्यायिक और चार गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किये गये हैं न्यायिक सदस्यों में जस्टिस दिलीप बीभोसले प्रदीप कुमार मोहंती अभिलाषा कुमारी और अजय कुमार त्रिपाठी शामिल हैं जबकि सशस्त्र सीमा बल की पूर्व प्रमुख अर्चना रामसुन्दरम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन महेन्द्र सिंह और इन्द्रजीत प्रसाद गौतम को गैर न्यायिक सदस्य बनाया गया है रंगो का त्योहार होली आज प्रदेश भर में परम्परागत ढंग से हर्षोल्लास के बातावरण में मनाया जा रहा है लोग विशेष रूप से युवा और बच्चे रंग गुलाल और अबीर लेकर अपने घरो से निकल पड़े हैं तथा एक दूसरे को रंगो से सराबोर करते हुए उत्साहपूर्वक होली मना रहे है कई स्थानों पर होली के पारम्परिक गीत गाते हुए लोगों की टोलियां निकल पड़ी है और एक दूसरे को पर्व की बघाई दे रही हैं ढ़ोल नगाड़ो और विभिन्न रंगो को उड़ाते हुए होली का पर्व उमंग के साथ मनाया जा रहा है ब्रज में होली का विशेष उत्साह है ब्रज के मंदिरों में होली खेली जा रही है होली पर ब्रज के लगभग सभी मंदिरो में विशेष आयोजन किए गये हैं जिनमें भारी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं अयोध्या में होली का उत्साह चरम पर है अयोध्या के प्रमुख मंदिरो में रंगभरी एकादशी के दिन से ही होली शुरू हो जाती है होली के अवसर पर आज वहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गये हैं एक रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधि सेः वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा कल ज्यों ही होतिका में अग्नि प्रज्जवलित हुई युवकों की टोलियां थिरकने लगी और अबीर गुलाल उड़ा कर रंगों से लोगों को सराबोर कर दिया इसके बाद होलिका पर महिलाओं ने हल्दी आदि मिश्रित जल से अर्घ्य दिया और अबीर गुलाल सहित स्वनिर्मित पकवान चढ़ाकर परम्परागत ढंग से बल्ला अग्नि में समर्पित किया अयोध्या में होली खेलने की परम्परा प्राचीन है जिसमें संत भक्त और भगवान के मध्य होती खेली जाती है इसी परम्पता के निर्वहन में कल मंदिरों में फूलों की होती खेली गयी और आज ज्यों ज्यों आसमान में सूरज की तपिश बढ़ेगी अयोध्या की सड़कों और मंदिरों में उड़ेगे अबीर गुलाल और रंग राजेन्द्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने कहा है कि होली का पावन पर्व हमें सारे भेद भाव भुलाकर आपसी सद्भाव के साथ त्योहार मनाने का संदेश देता है मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा है कि होली का पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में आपसी प्रेम सद्भावना बढ़ाने के साथ साथ खुशहाली भी लाती है इस बीच कल देर शाम होलिका दहन किया गया गांवों कस्बों और शहरो में लोगों ने एकत्र होकर होलिका दहन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया तथा एक दूसरे को होली के पर्व की बधाई दी प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने देश के लोक सेवा प्रसारकों से व्यावसायिक रूप से सक्षम होकर सार्वजनिक प्रसारण जारी रखने को कहा है श्री वेम्पटि ने कहा कि लोक सेवा प्रसारकों के समक्ष समाज के सभी वर्गो के लिए प्रासंगिक बने रहना बड़ी चुनौती है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता के तौर पर हमें पूरे स्पैक्ट्रम के अनुरूप होना होगा यह एक चुनौती है जिसमें हमें खरा उतरना है गोरखपुर जिले के बेलघाट थाना क्षेत्र में बेइली खुर्द गांव के समीप सरयू नदी में कल स्नान करने गये पांच युवकों की डूब जाने से मृत्यु हो गयी